जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित चंबा व कुल्लू जिलों में हिमपात से सामान्य जनजीवन बूरी तरह प्रभावित हुआ है बर्फबारी के कारण पेयजल विद्युत और यातायात व्यवस्था बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इधर राजधानी शिमला और इसके आसपास के इलाकों में भी बीती रात हिमपात हुआ है जाखू में करीब आधा फुट जबकि कुफरी नारकंडा और खड़ा पत्थर में लगभग डेढ फुट ताजा बर्फबारी हुई है हिमपात से शिमला जिले के उपरी इलाकों के लिए यातायात अवरूद्व हो गया है हालांकि आज प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ बना हुआ है और शिमला शहर के अंदरूनी भागों में सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है

बजट सत्र प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के अलावा कई अन्य शासकीय व विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

आज गैर सरकारी सदस्य दिवस है और इस दौरान विधायकों द्वारा दी गई विभिन्न सूचनाओं पर चर्चा होगी

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी स्वाईन फ्लू की चपेट में आ गए हैं विधानसभा में कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद उन्होंने सदन को बताया कि आईजीएमसी शिमला में टैस्ट करवाने के बाद उन्हें स्वाईन फ्लू होने की पुष्टि हुई है बिंदल ने बताया कि डाक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह देते हुए उनके सम्पर्क में आए लोगों को भी जांच करवाने कहा है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर डॉक्टर उन्हें स्वस्थ्य घोषित करेंगे तो वे सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में उपरिथत रहेंगे इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी स्वाईन फ्लू हुआ था बरागटा भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कोटखाई में ट्रॉमा सैंटर स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है शिमला में कल मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सैंटर के खुलने से लोगों की वर्षो से लंबित मांग पूरी हुई है और क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज मौसम और विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में भारी बर्फबारी चार एनएच समेत तीन सौ सड़कें बंद दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल पर सर्दिकल स्ट्राइक पहाड़ों पर फिर हिमपात मैदानों में झमाझम बारिश पंजाब केसरी लिखता है लाहौल में हिमखंड गिरे किन्नौर में बर्फीला तूफान

दैनिक भास्कर का कहना है लाहौल में ग्लेशियर गिरा शिमला और कुफरी में भी बर्फबारी हिमाचल दस्तक के अनुसार तूफान के साथ कहीं ओले कहीं बारिश बजट सत्र पर अमर उजाला ने लिखा है सीएम के जवाब से अंसतुष्ट विपक्ष का सदन से दो बार वाकआउट दिव्य हिमाचल की सुर्खी है राष्ट्रीय राजमार्गो पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने दो बार छोड़ा सदन पंजाब केसरी के शब्द हैं एनएच के मुद्दे पर हंगामा व नारेबाजी जबकि दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है पूर्व कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर डीपीआर बनाने में देरी की दैनिक जागरण की एक खबर है इंडियन टैक्नोमेक घोटाले में दिल्ली के दो सीए गिरफ्तार प्रदेश में बढ़ रहे स्वाईन फ्लू पर अमर उजाला की सुर्खी है नहीं थम रहा स्वाईन फ्लू विधानसभा अध्यक्ष को भी स्वाईन फ्लू छुट्टी पर गए

इसी खबर पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है सामान्य वर्ग के दस प्रतिशत आरक्षण के लिए तय होंगे नियम प्लांनिंग एरिया में अढ़ाई मंजिल से अधिक निर्माण पर पंजाब केसरी ने खबर दी है एनजीटी के आदेशों के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दायर एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जंगलों में अवैध कटान करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है शीर्षक है बस्तियों में तेंदुए दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय तबादलों की सियासी सूरत में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि स्थानांतरण नीति बने या न बने तरीके अपनी जगह विद्यमान और प्रभावशाली साबित होते हैं